श्री राव ने सामान्य प्रशासन विभाग को मतदान के दिन अवकाश की घोषणा अन्य राज्यों में प्रेक्षक नियुक्त करने के लिये अधिकारियों की व्यवस्था गृह विभाग द्वारा निर्वाचन के लिए पुलिस की तैनाती की योजना तैयार करना केन्द्रीय बलों की मांग सीमावर्ती राज्य के अधिकारियों से समन्वय के लिये बैठक कर नाकेबंदी सुनिश्चित करना कानून व्यवस्था की दैनिक रिपोर्ट एवं आयोग द्वारा चाही गई जानकारी समय पर भेजने के संबंध में कहा है इसी तरह उन्होंने अन्य विभागों के नोडल अधिकारियों से भी अपने दायित्व जिम्मेदारी से पूरे करने को कहा है प्रकरण उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को अपने पूर्व के प्रचलित अपराधिक प्रकरण और दोषसिदध प्रकरण के संबंध में घोषणा करना होगी इसके लिये नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र फार्म छब्बीस में इसका उल्लेख करना होगा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तारतम्य में निर्वाचन आयोग द्वारा इस बाबत निर्देश जारी किये गये हैं इसके अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप एवं उसमें दिये गये सभी विवरण भरेगा यदि अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा टिकिट दिये जाने पर निर्वाचन लड़ रहा है तो उसे स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को सूचना देना अनिवार्य होगा संबंधित राजनैतिक दल अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी अपनी वेबसाईट में दिखाये जाने हेतु बाध्य होंगे

चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पिछले दिनों भेजे गए पत्र में यह बात कही है

ये सभी नाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में सभी वरिष्ठ नेताओं की सहमति से तय किए गए हैं

उधर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी जल्द जारी होने की संभावना है अन्य राजनैतिक दल भी अपने उम्मीद्वारों के चयन में जुटे हैं

उधर समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य पार्टियों ने कई स्थानों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिये हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में आयोग के रजत जयंती स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे वे आयोग की नई वेबसाइट की शुरूआत भी करेंगे नई वेबसाइट उपयोग में ज्यादा आसान और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक होगी श्री मोदी इस अवसर पर एक डाक टिकट और विशेष आवरण भी जारी करेंगे

शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान से आने वाले बुखार पीड़ित लोगों से नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी जांच कराने की अपील की है

जैसे कि जुकाम झीक आना और बुखार जो कि डेंगू से मिलते जुलते हैं डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जिले में लोगों को जागरूक करने के साथ ही मच्छरों की रोकथाम के उपाय भी किये जा रहे हैं

बंदियों को दूसरे चरण में अगले साल छह अप्रैल को और तीसरे चरण में दो अक्तूबर को रिहा किया जाएगा

हमारे संवाददाता ने संभागीय संगठन मंत्री श्याम महाजन के हवाले से खबर दी है कि इस दौरान केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्रदेश के प्रभारी मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सहित पांच केन्द्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे आयोग राज्य मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के आधा दर्जन मामलों में संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है भोपाल जिले के बैरसिया में प्रसूता महिला के पति से स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने के मामले में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है इसके अलावा आयोग ने अशोकनगर जिले में बालिका छात्रावास में छात्राओं को अच्छा भोजन न मिलने और बैतूल में बच्चा चोरी के मामले में भी रिपोर्ट मांगी गई है छापा इन्दौर में राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरों ने कल नगरनिगम के स्वच्छता अभियान के प्रभारी के यहां छापे की कार्यवाही की

इसमें बेनामी संपित्त भी शामिल है

राजधानी भोपाल में अनेक स्थानों पर पांडालों को विशेष रूप से सजाया गया है साथ ही गरबा महोत्सव की भी शुरूआत हो गई है राजभवन में भी नवरात्रि के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय गरबा महोत्सव आयोजित किया गया है भोपाल के संस्कृति विभाग द्वारा शक्ति की महिमा पर केन्द्रित तीन दिवसीय सांस्कृतिक समारोह का आयोजन कल से जनजातीय संग्रहालय में किया जायेगा इस कार्यक्रम में देश के ख्याती प्राप्त कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे